वे शिमला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से प्रदेश के ॅसमी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचायोँ के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रकियाओं का भी कड़ाई से पालन करना होगा जयराम ठाकर ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के अलावा कमजोर वर्गों के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है और केवल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सिलेंडरो की जरूरत है जिसकी कमी को पूरो करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस बुरे दौर में मदद के लिए जो भी हाथ आगे बढ़ रहे हैं वही इन्सानियत की सच्ची तस्वीर है अनुराग ठाक्र ने कहा कि इन ऑक्सीजन कन्सट्रेटर के पहुंचने से विभिन्न राज्यों में कोरोना मरीजों को मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीन जिलों में पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है और विशेषज्ञों ने इसके लिए सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार से गरीब व मजदर वर्ग को राहत पैकेज देने की भी मांग की

उन्होंने प्रदेश सरकार को कोरोना कफ़र्य् की शब्दावली में सुधार करने का सुझाव भी दिया है राठौर ने केंद्र सरकार पर भी कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं की निंदा की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह किया है कश्यप ने सेना बल तैनात कर वहां की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है उन्होंने हिंसक घटनाओं में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की

जिला उपायुकत राकेश प्रजापति ने बताया कि दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकरे ने इस अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था उन्होंने कहा कि एक दिन में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के साथ यहां निर्माण कार्य शुरू हो चुका है ऑक्सीजन सिलें डर कुल्लू जिले के गैस एजेंसी मालिकों ने आज कुल्लू अस्पताल को सौ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए इसके अलावा कल्लू शहर के व्यापारियों ने अस्पताल में उपचाराधीन कोरोना मरीजों के मनोरंजन के लिए चार एलईडी भी मेंट किए

उन्होंने कोरोना कर्फ्यू के दौरान उठाएँ जाने वाले विभिन्न कदमों के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए राणा ने कोर्रोना संकमण को रोकने के लिए अधिकारियों को हर संभव कदम उठाने के निर्देश भी दिए

रिकांगपिओ में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सभी सविधाएं जिला किन्नौर में उपलब्ध है मगर सरकार व प्रशासन इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रही है